झारखंड में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामलों में आयी कमी पिछले चौबीस घंटों में मिले छह सौ तैंतीस नये मरीज अबतक छियासी हजार से अधिक लोग हुए ठीक

सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड समेत पांच राज्यों में विभिन्न आदिवासी संगठनों का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन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

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के तेरह अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों को अभी काम करते रहने को कहा है शीर्ष न्यायालय के इस रोक के बाद तीन हजार छह सौ छियासी नवनियुक्त शिक्षकों को राहत मिली है अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी जैसा कि आपको मालूम हो कि राज्य सरकार की नियोजन नीति के आधार पर राज्य के तेरह जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया था इन जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद पर आरक्षित कर दिये गये थे इसी मामले में हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी जिसमें हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को गलत बताते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सुनाया था इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं हालांकि रांची जिले में अन्य जिलों की तुलना में संकमण के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में राज्य में छह सौ तैंतीस नये मरीजों की पुष्टि हुई अबतक यहां चौरानबे हजार तीन सौ उनहत्तर मामले आ चुके हैं और अबतक छियासी हजार तीन सौ सड़सठ संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं अब राज्य में सकिय मामलों की संख्या सात हजार एक सौ इक्यानबे रह गये हैं कल एक हजार तिरपन लोग स्वस्थ ठीक होकर घर लौटे

इधर इस संकमण से कल छह लोगों ने दम तोड़ दिया प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या आठ सौ गयारह हो गई है गोड्डा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं यूनिसेफ द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावित परिवारों और उनके बच्चों के संरक्षण और उनके बीच जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है पोड़ैयाहाट सुंदर पहाड़ी और गोड्डा प्रखंडों में लौटे श्रमिकों की स्किल मैपिंग और उन्हें चिन्हित कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं बाहर से आये बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जा रहा है गोड्डा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि बीडीओ पुलिस और यूनिसेफ के पदाधिकारियों की सहायता से गांव एवं प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय किया जा रहा है जमशेदपुर से दुमका तक अंतरराज्यीय बस चलाने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सहमति बन गयी है झारखंड के परिवहन विभाग के अधिकारियों व पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जमशदेपुर से दुमका तक बस चलाने के लिए रूट भी निर्धारित कर दिया है इसके तहत अब जमशेदपुर से दुमका भाया चांडिल बलरामपुर पुरूलिया चास धनबाद निरसा मैथन मिहिजाम जामताड़ा और पालाजोरी होते हुए बस दुमका जायेगी इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव के रविकुमार ने आदेश जारी कर दिया है

जो बाद में रूट विवाद होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां शीर्ष न्यायालय ने दोनों राज्यों को मामले को आपस में सुलझाने का निर्देश दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को भी मंजूरी दे दी है इस परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास क्रियान्वयन मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था करनी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्टार्स परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जायेगा वर्तमान में अभी ये छह राज्यों हिमाचल राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्र केरल और ओड़िशा में कार्यक्रम चलेगा ऐसा ही एक कार्यक्रम एडीबी के माध्यम से झारखंड गुजरात उत्तराखंड असम और तमिलनाडु में भी चलेगा देवघर जिले में बाइपास सड़क का निर्माण किया जायेगा इससे जुड़ी सभी सड़कें भी बनायी जायेंगी एनएचआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है बाइपास सड़क बनाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए कंसलटेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है

इन तीनों सड़कों को फोरलेन किया जायेगा बासकीनाथ से देवघर तक की सड़क भी फोरलेन की जायेगी नवंबर तक कंसलटेंट का चयन कर सड़क निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जायेगा

रोस्टर व्यवस्था चल रही थी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसमें संशोधन कर सभी विभागों को आदेश जारी किया हैं अब सभी अवर सचिव और उसके उपर के अधिकारियों को हर दिन कार्यालय आना होगा विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना संकमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला को घर से ही काम करने की छूट रहेगी सभी विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक करने को कहा गया है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्यालय में रोस्टर व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी है सिर्फ चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को ही रोस्टर व्यवस्था में काम करने को कहा गया है वहीं शेष सभी अधिकारी ओर कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय में आयेंगे बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर अबतक नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है

राज्य सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग के निर्देश पर दुमका के दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों और दो अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण किया है मसलिया प्रखंड के बीडीओ संजय कुमार को लिट्टीपाड़ा का प्रखंड विकास पदाधिकारी और लिट्टीपाड़ा के बीडीओ पंकज कुमार रवि को मसलिया का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है वहीं चतरा सदर के अंचल अधिकारी यामुन रविदास को स्थानांतरित कर उन्हें अंचल अधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित किया है जबकि अंचलाधिकारी दुमका सागरी बराल को अंचल अधिकारी सोनुआ चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया है केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने आदिवासी सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आज पूरे झारखंड प्रदेश में चक्का जाम किया जायेगा सरना कोड की मांग को लेकर शहर से लेकर गांव तक आदिवासी समुदाय अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर आवाज उठायेंगे उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं जैसे प्रेस दूध एंबुलेंस स्कूल बस आदि को चक्का जाम से मुक्त रखा गया है

समिति के महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि पांच राज्यों में बंगाल बिहार झारखंड ओड़िशा और असम में सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है

राज्य के मनरेगा कर्मियों को उनका बकाया मानदेय भुगतान आज किया जायेगा

पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि दोनों साहिबगंज जिले के अलावा बाहर भी गांजा बेचते थे

हिंदुस्तान ने रिम्स में नर्सों और कर्मचारियों को बहाल किये जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है वहीं बेरमो विधानसभा उपच्चनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह और एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो समेत आठ प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने गिरिडीह में महिला और तीन बच्चों को जलाकर मारने की घटना की सीआईडी जांच की खबर को प्रमुखता दी है

रांची एक्सप्रेस लिखता है सुप्रीम के स्टे से शिक्षकों और हेमंत सरकार को मिली बड़ी राहत अखबार ने गढ़वा में दम घुटने से चार मजदूरों की मौत की खबर को प्रमुखता दी है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दमका और बेरमो उपचुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है